वित्त मंत्री भेंट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है द्रदर्शन समाचार के साथ भैंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्त्ओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था श्रू करने के लिए अतिरिक्त प्रंजी की जरूरत है उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा उन्होंने फिर कहा कि सरकार दवारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये फैसले समय से हुए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने किसानों को बंधनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया

इनमें चंपावत में सात अल्मोड़ा में तीन पिथौरागढ़ में दो उत्तरकाशी में तीन नैनीताल में दो देहरादून में दो और हरिद्वार में एक मामला सामने आया है कोरोना वायरस ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों तक पांव पसार लिये हैं

पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकासखंड में जिन दो लोगों में कोराना वायरस की प्ष्टि हुई है वो बागेश्वर जिले के दो लोगों के साथ आये थे जो कोरोना पॉजिटिव पाये गए

जबकि तीन अन्य य्वक नोएडा और ग्रूग्राम से पहले ही आ गए थे जिन्हें उन्हीं के क्षेत्र के क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया था म्ंबई से लौटे चारों य्वक चंपावत और लोहाघाट के रहने वाले हैं यह लोग रोडवेज की दो बसों से आए थे

इसके अलावा तीन अन्य संक्रमित य्वक बनबसा के रहने वाले हैं जो करीब पांच दिन पूर्व आए हैं जिलाधिकारी स्रेंद्र नारायण पाण्डेय ने बताया कि सभी कोरोना मरीजो को आइसोलेट किया गया है उन्हें हल्द्वानी के स्शीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किए जाने की तैयारी की जा रही है

सभी को संस्थागत क्वारंटीन किया गया था पर्यटन मंत्री वीसी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के लोक कलाकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद कर उनकी समस्याओं और स्झावों को सुना पर्यटन मंत्री ने कहा है कि सरकार को लोक कलाकारों के भविष्य की चिंता है लोक कलाकारों को लेकर एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है

लोकगायिका संगीता ढौंडियाल कल्पना चौहान लोकगायक हेमराज बिष्ट नंदलाल भारती पदप ग्साई समेत अन्य कलाकारों ने पर्यटन मंत्री को अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत करवाया

उन्होंने कहा कि जब तक प्रवासियों का पंजीकरण होगा ट्रेनें चलती रहेंगी

इस बीच आज देहरादून में रेलवे स्टेशन पर बने आरक्षण केंद्र के काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रेन में आरक्षण का काम श्रू हो गया है इस बीच आज वसई महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन लालक्आं जंक्शन पहंची

इस दौरान केन्द्र सरकार की सभी गाइडलाइन्स का पालन किया जायेगा पंतनगर हवाई अड्डे के निदेशक एसके सिंह ने बताया कि फिलहाल दिल्ली देहराद्न के लिए सेवा श्रू होगी और टिकट की ब्किंग जारी है यह सेवा पूरे सप्ताह के लिए होगी उन्होंने बताया कि यात्रियों के लिये आरोग्य सेत् एप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके पास यह एप होगा केवल उसी यात्री प्रवेश की अनुमति होगी हवाई अड्डे पर मास्क और ग्लब्स के साथ ही यात्रियों की थर्मल जांच की जायेगी पौड़ी सड़क पौड़ी जिले में लाकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण कर डाला

क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चन्दन सिंह बिष्ट के नाम पर मोटरमार्ग का नाम रखा गया है

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है राजधानी देहरादून में गर्मी से दिन में सड़कों पर यातायात कम हुआ है बाजार में तरब्ज के साथ ही मिट्टी के घड़ों की बिक्री बढ़ गई है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम में किसी बदलाव से इनकार किया है

वे प्रेमनगर थाने में कार्यरत थे म्ख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स की जीवन क्षति पर सम्मान राशि के मानक को शिथिल किया गया था

म्ख्यमंत्री ने स्वर्गीय ग्र्जर की पत्नी प्रियंका को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया